दिमनी सीट से गिर्राज दंडोतिया भांडेर से रक्षा सिरौनिया अंबाह से कमलेश जाटव गोहद से रणवीर जाटव को उम्मीदवार बनाया गया है अशोकनगर से जजपाल सिंह जज्जी आगर मालवा से मनोज ऊंटवाल सांवेर से तुलसीराम सिलावट नेपानगर से सुमित्रा कास्डेकर हाटपिपल्या से मनोज चौधरी अनूपपुर से बिसाहूलाल सिंह सांची से प्रभुराम चौधरी उम्मीदवार बनाए गए हैं बमोरी से महेन्द्र सिंह सिसोदिया करैरा से जसमंत जाटव डबरा से इमरती देवी ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर जौरा से सूबेदार सिंह सिकरवार प्रत्याशी बनाए गए हैं सुमावली से ऐंदल सिंह कंषाना ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल पोहरी से सुरेश धाकड़ मुंगावली से बृजेंद्र सिंह यादव सुरखी से गोविंद सिंह राजपूत उम्मीदवार बनाए गए हैं मांधाता से नारायण पटेल बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव सुवासरा से हरदीप सिंह डंग मुरैना से रघुराज सिंह कंषाना मेहगांव से ओपीएस भदौरिया मलहरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी और ब्यावरा से नारायण सिंह पवार को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है

सिर्फ ब्यावरा सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान बाकी है

कल ग्वालियर में मीडिया से चर्चा के दौरान श्री तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों पर कांग्रेस के दुष्प्रचार के आगे सरकार ना झकेगी ना रुकेगी उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश आत्मनिर्भर हो सके देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान हो किसानों की माली हालत सुधरे और उनका जीवनस्तर ऊपर उठ सके इसके लिए ये सुधारवादी कदम उठाए गए हैं

समारोह की अध्यक्षता वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन करेंगे वहीं समारोह में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्वनी कमार चौबे भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से शामिल होंगे

सीएम व्यापारी संघ भेंट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कल मध्यप्रदेश सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मंत्रालय में भेंट की इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि मंडी परिसर मल्टीपरपज़ कैंपस के रूप में विकसित किए जा रहे हैं केंद्र द्वारा द फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स अध्यादेश लागू होने के बाद किसानों और व्यापारियों को मंडी परिसर में निरंतर बेहतर सुविधा मिलती रहे इसके लिए आवश्यक संरचना और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है श्री चौहान ने कहा कि मंडी फीस की दर घटाकर आध फीसदी की गई है शहीद सतना जिले के शहीद सीआरपीएफ जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी की पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव पहुंचेगी जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी मूख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पहंचेगे इससे पहले कल सांसद गणेश सिंह शहीद के परिवार को ढांढस बधाया

श्री मोदी ने वर्तमान वन्यजीव सप्ताह के मौके पर देश के नाम अपने संदेश में कहा कि हमारे संविधान में भी वनों और वन्यजीवों के संरक्षण को हर भारतीय के मौलिक दायित्वों के रूप में शामिल किया गया है उन्होंने कहा कि देश में बाघों की संख्या द्रगुनी करने का लक्ष्य सफलतापूर्वक समय से पहले ही हासिल कर लिया गया है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम जैव विविधता को समृद्ध बनाने के साथ साथ टिकाऊ विकास के लिए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण घटाने के अपने प्रयासों के प्रति कृत संकल्प हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वन्यजीव सप्ताह के मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री का प्रेरक संदेश देश में वन्यजीव संरक्षण को प्रोत्साहित करेगा ताकि पृथ्वी को रहने के लिए बेहतर जगह बनाया जा सके

भोपाल ँके वन विहार में आयोजित इस समारोह में श्री शाह वन्यप्राणी सप्ताह के अंतर्गत सम्पन्न हई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देंगे

खंडवा में चार लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

निवाड़ी कलेक्टर ने लोगों से सर्दी जुकाम और बुखार की शिकायत पर करीबी फीवर क्लीनिक में जांच कराने की अपील की है

मुंबई इंडियन्स की इस टूर्नामेंट में ये लगातार तीसरी जीत है इसके साथ ही वो अंक तालिका में सबसे ऊपर पहंच गई है मैच में जसप्रीत बुमराह ने चार बॉल्ट और पेटिंसन ने दो दो विकेट लिए आँज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला आबू धाबी में चेन्नई सुपरकिंग्स से होगा

कांग्रेस ने इसे बदले की कार्यवाही करार दिया है

उनका अंतिम संस्कार आज किया जायेगा